कई जगहों पर होगा बैल दौड़ का आयोजन

आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं

फिटनेस एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मध्मेह और रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो रही हैं जो जीवनशैली में परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने लोगों को इस अभियान से जुड़ने को कहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा मेजर ध्यानचन्द की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देशवासियों के सहयोग से यह अभियान नई ऊंचाइयां छूएगा राष्ट्रपति खेल पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रस्कार प्रदान किए पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह सम्मान हासिल करने वाली दीपा पहली महिला पैरा एथलीट खेल रत्न बन गईं हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चूने गए पहलवान बजरंग पूनिया विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए विदेश में अपने प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके उन्नीस खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिनमें फ्टबॉल खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह संध्र हॉकी खिलाड़ी चिंगलेनसाना कांग्जम धावक मोहम्मद अनस हैप्टाथलिट स्वप्ना बर्मन और निशानेबाज अंजुम मुदगिल प्रमुख हैं आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस प्रस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य लाइफटाइम पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए खेल अलंकरण पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के तिरपन चुने हुए खिलाड़ियों और दो प्रशिक्षकों को करीब एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि के राज्य खेल पुरस्कार और अलंकरण प्रदान किए अब से कुछ देर पहले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आठ खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे प्रस्कार के तहत तीन तीन लाख रूपये की राशि प्रदान की वहीं सात खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार और दो प्रशिक्षकों और एक निर्णायक को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से नवाजा गया इस सभी को पुरस्कार स्वरूप डेढ़ डेढ़ लाख रूपये की राशि प्रदान की गई खेल दिवस के अवसर पर पांच खिलाड़ियों को शहीद विनोद चौबे सम्मान और बीस खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान दिया गया इसके अलावा सायकल पोलो के सीनियर और जूनियर वर्ग के पांच पांच खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ट्राफी से सम्मानित किया गया कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में चुने गए अस्पतालों को पुरस्कृत किया इस योजना के तहत शासकीय अस्पतालों में स्वच्छता संक्रमण नियंत्रण और साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए तीन श्रेणियों में जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पुरस्कृत किया जाता है पुरस्कार के रूप में जिला चिकित्सालय को पचास लाख रूपये तथा सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बीस बीस लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है इस वर्ष बलौदाबाजार भाटापारा बीजापुर जशपुर कांकेर और कोरबा को प्रथम पुरस्कार दिया गया वहीं अभनपुर बकावंड बेरला भानुप्रतापपुर बिल्हा बोड़ला सहित अट्ठारह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को द्वितीय और आरा अड़वाल अडेंगा सहित दस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया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

माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने तीन इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इसी दौरान कामालूर के जंगल से इन माओवादियों को पकड़ा गया ये सभी माओवादी जनमिलिशिया कमांडर थे और इन पर अपहरण हत्या जैसी कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है उप चुनाव प्रशिक्षण दंतेवाड़ा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उप चुनाव को लेकर दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने निर्वाचन संबंधी दायित्वों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने नामांकन दाखिला प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र देना होगा इसके साथ ही नया बैंक खाता खोलना होगा परिसम्पत्तियों सहित आपराधिक मामलों का ब्यौरा आयोग को देना जरूरी होगा इस बीच कल से दंतेवाड़ा उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है आज दूसरे दिन भी किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल नहीं किया जिला निर्वाचन कार्यालय दंतेवाड़ा में विधानसभा उप चुनाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका द्रभाष नंबर शून्य सात आठ पांच छह दो पांच दो तीन नौ आठ है पोला पर्व छत्तीसगढ़ का लोकपर्व पोला कल प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा पोला त्यौहार कृषि संस्कृति में पशुधन के महत्व को दर्शाने वाला पर्व है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व काफी ध्रमधाम से मनाया जाता है इस दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ अपने बैलों को सुंदर तरीके से सजाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग लगाया जाता है अनेक जगहों पर बैल दौड़ और गेड़ी दौड़ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं पोला के दिन बच्चे मिट्टी से बने खिलौनों से खेलते हैं और इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं खेती किसानी से जुड़े इस पर्व को मनाने के लिए संस्कृति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल होने वाले पोला तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने कहा है कि यह पर्व अच्छी फसल की कामना का संदेश लेकर आता है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि अपनी परम्पराओं और संस्कृति से बच्चों को जोड़कर रखने का यह अच्छा माध्यम है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की दूसरी कड़ी का प्रसारण आठ सितंबर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय युवा और शिक्षा रखा गया है इसमें शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति कल तीस अगस्त तक आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है वहीं रायगढ़ जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है कुछ स्थानों पर आवागमन बाधित होने की भी खबर है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय रायपुर और रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा राजधानी रायपुर के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया कोरबा और रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस रखरखाव कार्य की वजह से तीन से उनतीस सितंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को बिलासपुर और कोरबा के बीच रद्द रहेगी जांजगीर चांपा जिले के सिरली गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई इसी जिले में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मृत्यू हो गई और रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा इकतीस अगस्त तक प्लेसमेंट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है